आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने संबोधन में श्री मोदी ने सभी लोगों से कहा कि वे वोकल फॉर लोकल के संकल्प को ध्यान में रखें जब हम त्योहार की बात करते हैं तैयारी करते हैं तो सबसे पहले मन में यही आता है कि बाजार कब जाना है क्या क्या खरीदारी करनी है खासकर बच्चों में तो इसका विशेष उत्साह रहता है इस बार त्यौहार पर नया क्या मिलने वाला है त्यौहारों की ये उमंग और बाजार की चमक एक दूसरे से जुड़ी हुई है लेकिन इस बार जब आप खरीदारी करने जायें तो वोकल फॉर लोकल का अपना संकल्प अवश्य याद रखें बाजार से सामान खरीदते समय हमें स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता देनी है श्री मोदी ने त्यौहारों के दौरान सभी से मास्क पहनने साबुन से हाथ धोने और दो गज की दूरी बनाये रखने का सुझाव दोहराया श्री मोदी ने लोगों को विजयदशमी पर्व की शुभकामनाएं दीं

प्रधानमंत्री ने लोगों से उन बहादुर सैनिकों को याद रखने को भी कहा जो सीमाओं पर देश की रक्षा कर रहे हैं हमें अपने उन जाबाज सैनिकों को भी याद रखना है जो इन त्यौहारों में भी सीमाओं पर डटे हैं भारत माता की सेवा और सुरक्षा कर रहे हैं हमें उनको याद करके ही अपने त्यौहार मनाने हैं हमें घर में एक दीया भारत माता के इन वीर बेटे बेटियों के सम्मान में भी जलाना है मैं अपने वीर जवानों से भी कहना चाहता हूँ कि आप भले ही सीमा पर हैं लेकिन पूरा देश आपके साथ है आपके लिए कामना कर रहा है प्रधानमंत्री ने कहा कि इकतीस अक्टूबर को सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती मनाई जाएगी ये दिन राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है प्रधानमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भी नमन किया जिनकी पुण्यतिथि इकतीस अक्टूबर को है प्रधानमंत्री सतर्कता जागरूकता प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मंगलवार को राष्ट्रीय सतर्कता और भ्रष्टाचार रोधी सम्मेलन का उदघाटन करेंगे इस सम्घ्मेलन का विषय सतर्क भारत समृद्ध भारत है इसका आयोजन केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने किया है यह आयोजन सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अवसर पर किया जाएगा गौरतलब है कि देश में सत्ताईस अक्टूबर से दो नवंबर तक प्रत्येक वर्ष सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जाता है

दूरदर्शन समाचार के एक कार्यक्रम में डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि देश में तीन वैक्सीन पर परीक्षण चल रहा है भारत में तीस वैक्सीन कैंडीडेट्स हैं सारे दुनिया में नौ वैक्सीन कैंडीडेट्स एडवांस के ट्रायल्स में हैं जिसमें से तीन भारत के एडवांस स्टेजेस में हैं एक तो क्लीनिकल फेज थ्री के एडवांस में है और दो जो है फेज दू के एडवांस में थे और उसमें से भी एक फेज थ्री में चला गया इन सबके माध्यम से तीनों के माध्यम से हमें उम्मीद है कि जनवरी के अंदर तो डेफिनेटली हमारे को वैक्सीन जो है उपलब्ध हो जाएगी और हमने सारी जो तैयारियां जिस प्रकार से की हैं ऑल गोज वैल तो जून जुलाई से पहले हमें चार सौ से पांच सौ मिलियन डोजेज उपलब्ध हो जाएंगी डॉक्टर हर्षवर्धन ने त्यौहारों को देखते हुए लोगों से इस वायरस का फैलाव रोकने के लिए एहतियाती उपायों का कड़ाई से पालन करने की अपील की है कोरोना जागरूकता इस बीच अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी आकर्षि कश्यप ने लोगों से कोरोना से बचाव के लिए आवश्यक सावधानी बरतने की अपील की है

वहीं सुकमा जिले में हाल ही में कार्यभार संभालने वाले पुलिस अधीक्षक कन्हैयालाल ध्रुव द्वारा इन दिनों जिले के विभिन्न माओवाद प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया जा रहा है इसी कड़ी में श्री ध्रुव ने भेज्जी और एलाडमडगु क्षेत्र का दौरा किया इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने जवानों से मुलाकात कर क्षेत्र की परिस्थितियों के बारे में जानकारी ली विजयादशमी बुराई पर अच्छाई अधर्म पर धर्म और असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक दशहरा पर्व आज छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में श्रद्वा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है दशहरा पर्व रावण पर भगवान राम की विजय की स्मृति में मनाया जाता है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडु और प्रधानमंत्री ने लोगों को विजयदशमी की शुभकामनाएं दी हैं वहीं छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने भी प्रदेशवासियों को दशहरा पर्व की शुभकामनाएं दी हैं राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के सभी जिलों में दशहरा उत्सव का आयोजन किया जा रहा है कोरोना संक्रमण के मद्देनजर इस बार दस फीट से अधिक ऊंचाई के पुतलों का दहन नहीं किया जा रहा साथ ही दिशा निर्देशों के अनुसार पुतला दहन कार्यक्रम में समिति के मुख्य पदाधिकारी सहित पचास से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं होने का नियम है रायपुर के डब्ल्यूआरएस कॉलोनी में कल रावण दहन का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा इस बीच राज्यपाल सुश्री उइके आज राजभवन में और मुख्यमंत्री श्री बघेल अपने निवास में आयोजित शस्त्र पूजा कार्यक्रम में शामिल हुए और प्रदेश की सुख समुद्धि तथा खुशहाली की कामना की इसी तरह प्रदेश में अर्द्वसैनिक बलों ने भी आज शस्त्र पूजन किया भिलाई में सीमा सुरक्षा बल के जवानों और अधिकारियों ने मां दुर्गा की प्रतिमा के सामने शस्त्रों की पूजा की इस मौके पर बीएसएफ के महानिरीक्षक जेवीएनडी प्रसाद ने बताया कि विजयादशमी के मौके पर अस्त्र शस्त्रों की पूजा का सुरक्षा बलों में काफी महत्व है

वहीं राजनांदगांव से हमारे संवाददाता ने बताया कि शहर में रावण पुतले का दहन नहीं बल्कि मिट्टी से बने रावण की मूर्ति का वध करने की परंपरा है इस बीच प्रदेश के देवी मंदिरों में नवरात्र पर प्रज्जवलित ज्योति कलश और जवारे के विसर्जन का सिलसिला भी शुरू हो गया है साथ ही सार्वजनिक समितियों द्वारा स्थापित मां अम्बे की मूर्तियों का विसर्जन भी किया जा रहा है इधर कबीरधाम जिले में हर साल की तरह इस साल भी प्राचीन परंपरा के अनुसार चण्डी मंदिर दंतेश्वरी और परमेश्वरी मंदिर से खप्पर निकाला गया इस दौरान पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था थी इस बीच पचहत्तर दिनों तक चलने वाले विश्व प्रसिद्ध और ऐतिहासिक बस्तर दशहरा में आज मावली परघाव रस्म संपन्न की जा रही है इससे पहले कल दंतेवाड़ा से माई की डोली और छत्र जगदलपुर लाए गए थे

इस रस्म के दौरान बस्तर के पूर्व राजपरिवार के सदस्यों के साथ ही बस्तर सांसद दीपक बैज भी उपस्थित थे हमर ग्राम सभा पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव आज रात साढ़े सात बजे आकाशवाणी रायपुर से प्रसारित विशेष कार्यक्रम हमर ग्राम सभा में श्रोताओं के सवालों के जवाब देंगे श्री सिंहदेव इस विशेष कार्यक्रम में पत्र एसएमएस और व्हाट्सअप के माध्यम से श्रोताओं द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब देंगे साथ ही राज्य सरकार की नीतियों योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में श्रोताओं की जिज्ञासाओं का समाधान भी करेंगे इस कार्यक्रम को मीडियम वेव नौ सौ इकयासी किलोहर्ट्ज पर सुना जा सकता है इस कार्यक्रम को प्रदेश स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्र एक साथ रिले करेंगे शराब कीमत प्रदेश की शराब दुकानों में तय कीमत से अधिक दर पर शराब बेचने की शिकायत ग्राहक अब व्हाट्सअप मोबाइल नंबर पर कर सकेंगे इसके लिए आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने आज व्हाट्सअप मोबाइल नंबर नौ चार दो चार एक शून्य दो एक शून्य दो जारी किया है इस सुविधा के माध्यम से ग्राहक शराब दुकान का वीडियो बनाकर इस व्हाट्सअप मोबाइल नंबर पर भेज सकते हैं इसके अलावा इस नंबर पर अवैध शराब खरीदी बिक्री और परिवहन से संबंधित मामलों के साथ नशीले पदार्थों के विक्रय की शिकायत भी की जा सकती है गौरतलब है कि आबकारी विभाग द्वारा पहले ही टोल फ्री नंबर एक चार चार शून्य पांच संचालित किया जा रहा है मौसम और अब पेश है मौसम का हाल प्रदेश में अगले चौबीस घंटों के दौरान मौसम शुष्क रहने की संभावना है इस दौरान न्यूनतम तापमान में विशेष परिवर्तन के आसार नहीं है मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार बांग्लादेश के ऊपर एक चक्रवाती घेरा बना हुआ है जिसके प्रभाव से प्रदेश में निम्न स्तर पर नमी आ रही है मौसम विज्ञानी एचपी चंद्रा ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि प्रदेश से आगामी एक दो दिनों में मानसून की विदाई होने के संकेत हैं

इस दौरान उन्होंने मरीजों के उपचार और देखभाल की बेहतर व्यवस्था करने के निर्देश दिए

इस मौके पर किसानों को जैविक फसल उत्पादन करने की सलाह दी गई

वहीं तीन अन्य आरोपी फरार बताए जाते हैं आरोपियों के पास से एक रिवाल्वर दो कारतूस दो मोटरसाइकिल चार मोबाइल और एक चाकू बरामद किया गया है

पुलिस ने इनके पास से उन्नीस मोबाइल चार लैपटॉप और एक दोपहिया वाहन जब्त किया है

प्रभावित किसानों को वन विभाग द्वारा मुआवजा राशि प्रदान की जाएगी